शादी और श्राद्व समारोह में तय संख्या से अधिक लोगों के उपस्थित होने पर की जायेगी कार्रवाई

पिछले चौबीसी घंटों के दौरान सड़सठ लोगों की मृत्यु

एक मई से लगेगा टीका

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार ने कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी किये हैं स्थानीय पुलिस को श्राद्ध और शादी समारोह के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक लोगों की उपस्थिति होने पर कठोर कदम उठाने को कहा गया है लोगों से भी भीड़ भाड़ को लेकर कोविड संबंधी गाईडलाईन का पालन करने का अनुरोध किया गया है प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर नवासी हजार छह सौ साठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में अस्सी हजार चार सौ इकसठ व्यक्ति की कोरोना जांच की गई जिसमें ग्यारह हजार आठ सौ एक व्यक्ति संक्रमित मिले हैं सबसे अधिक पटना से दो हजार सात सौ बीस मामले सामने आये हैं वहीं गया से छह सौ पचपन सारण से पांच सौ अड़सठ औरंगाबाद से पांच सौ पचास बेगूसराय से पांच सौ उनचास और गोपालगंज से पांच सौ नये मामले दर्ज किये गये अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं वहीं पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण से सड़सठ लोगों की जान चली गई इनमें सबसे अधिक पटना में सोलह मुजफ्फरपुर गया और दरभंगा में सात सात भागलपुर में पांच तथा पश्चिम चंपारण और नालंदा में चार चार लोगों की मौत हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण से नौ हजार दो सौ अट्ठाईस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जिससे राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या अब तक तीन लाख तेईस हजार पांच सौ चौदह पहुंच चुकी है स्वस्थ होन की दर सतहत्तर दशमलव आठ आठ प्रतिशत है कोरोना संक्रमण से पटना सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी अमित कुमार तिवारी का निधन कल पटना के एक निजी अस्पताल में हो गया वहीं पटना के जिला और सत्र न्यायाधीश सुनिल दत्त मिश्रा कोरोना संक्रमित हो गये हैं जिनका इलाज पटना एम्स में किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर आज उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक होगी मुख्यमंत्री ने कल पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर कोविड दिशा निर्देशों के पालन संबंधी स्थिति का जायजा लिया उन्होंने मुख्य रूप से राजधानी पटना के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का भ्रमण किया इधर श्री कुमार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीएमएस समेत सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाने तथा ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांव और मोहल्लों में लोगों को कोरोना की जानकारी दे उन्हें सतर्क और जागरूक करे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए कंटेनमेंट क्लीनिकल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के तीन मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों पर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है संयुक्त सचिव ने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संक्रमण का फैलाव कम किया जा सकता है बाईट जरूरत है कि जो केस जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको चेट्स के साथ कॉर्डिनेट करके हम सिमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेन्ट को टाइम पर एडमिशन मिल सकें इसके लिए हमने स्टेट्स से और डिस्ट्रिक से भी रिक्येस्ट की है कि हर स्टेट्स और डिस्ट्रिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्येस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करें जहां पर कि एव्वेलेबिलिटी ऑफ बेड़स उसको डिस्पले किया जाए ताकि लोगों में अननेसेसरी लोगों में भय का वातावरण पैदा न हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाए क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक मिलकर बेस्ड ऑन द केसेज टेरेजट्री किस टाइप के केस आ रहे है कितनी तादाद में केसेज आ रहे है उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल के बेड्स को कोविड डेडिकेटिड बेड्स में कन्वर्ट करें और अधिक जरूरत हो तो मेक शिफ्ट टैमप्रेरी हॉस्पिटल की बनाकर एन्श्योर करें कि जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको हम समय पर बेडस दिला पाए नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें कोविड मरीजों की संख्या कम करने और अस्पताल के संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करने की आवश्यकता है डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस समय लोग अनावश्यक रूप से घबरा रहे हैं

उसमें पैनिक सिच्युएशन हो जाती है कि कही मेरे को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत न पड़े तो मैं अभी जाकर एडमिट हो जाता हूं जो जेनुअन पेशेंट है वो सफर करते है क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती वो घर पर दवाइयां स्टोर करने लग जाते है और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेनशियल्स ड्रग्स वो मार्किट में क्रिएट हो रही है कई दफा ड्रग्स का मिसयूज भी हो जाता है उनसे साइड इफेक्ट ज्यादा होते है और उससे कोई फायदा नहीं होता है ये सब गलत धारणाएं है और ये मैं क्लेरीफाई करना चाहूगां

लेकिन उसका मिसयूज जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है

डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि मरीजों की मृत्यु रोकने में रेमडेसिविर अधिक लाभप्रद नहीं पाई गई है इसलिए इसे जादुई दवा मानना सही नहीं है उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामलों में केवल सामान्य रूप से ही उपयोगी है राज्य में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर वे पटना उच्च न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का ई मेल आईडी आर जी पी एच सी कोविड कम्प्लेन एट दे रेट जीमेल डॉट कॉम जारी किया है अठारह वर्ष से अधिक आय़ वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम कल से शुरू होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिये कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जायेगा सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन या आरोग्य सेतु एप पर टीका लगवाने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बिना पंजीकरण के टीका नहीं दिया जायेगा गौरतलब है कि देश भर में एक मई से अठारह वर्ष से अधिक उम्र को सभी लोगों का टीकाकरण किया जायेगा राज्य में अब तक सड़सठ लाख छियालीस हजार सात सौ चौंतीस लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक लाख आठ सौ पचास लोगों को टीका लगाया गया है इनमें तिरसठ हजार तीन सौ इक्कीस लोगों को पहली डोज जबकि सैंतीस हजार पांच सौ उनतीस लोगों को द्सरी डोज दी गयी है इधर देश भर में अब तक चौदह करोड़ उन्नीस लाख से अधिक कोविड टीके लगाये गये हैं लगभग तिरानवे लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने पहला और साठ लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि उभरती स्थिति का सामना करने के लिए कोविड टीकाकरण की गति को कम नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि वास्तव में टीकाकरण बढाया जाना चाहिए डॉक्टर पॉल ने मौजूदा कोविड स्थिति में लोगों से आग्रह किया कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और घर में परिवार के साथ रहने के दौरान भी मास्क पहनें उन्होंने आग्रह किया कि इस समय बाहरी लोगों को अपने घर न बुलाएं डॉक्टर पॉल ने कहा कि माहवारी के दौरान भी महिलाओं को कोविड टीका लगवाया जा सकता है

वैक्सीनेशन केन बी गिवन स्टोर नोट टू पोस्टपोन वैक्सीनेशन एंड दिस इज एब्सुल्युटली श्रम फैलाने वाली बात है अफवाह है हमें इन्श्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह कम नही हो रिस्ट्रिक्शन भी हो इसके बावजूद भी इतना रिस्क जरूरत हमें लेना है कि अस्पताल जाकर हमें टीका लगवाना है क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा होने वाला है और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें इसमें वैक्सीनेशन की जो गति है सप्लॉयर्स की गति है वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नजर है उसमें कोई भी कमी नहीं होगी हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज गति देने में टीका उत्सव किया गया था उसमें हम और भी आगे बढ़ें पूर्व मध्य रेलवे ने उनतीस अप्रैल से तेईस जोड़ी मेमू और डेमू सवारी रेलगाड़ियों का परिचालन अगले आदेश तक रद्द कर दिया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुये इन रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है उन्होंने कहा कि रद्द रेलगाड़ियों में मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र मुजफ्फरपुर नरकटियागंज वैशाली सोनपुर राजगरी इंटरसिटी स्पेशल समेत अन्य सावारी गाड़िया शामिल हैं केन्द्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष रूप से चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है अब केवल सीरिज और शीशी निर्माताओं फार्मा उद्योग और रक्षा बलों सहित तीन औद्योगिक क्षेत्रों को ही यह छूट दी गई है नवादा जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमण की श्रंखला तोड़ने के लिए शुक्रवार की सुबह से शहरी क्षेत्रों में चार दिनों का लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस अवधि में सभी दुकानें बंद रहेंगी उन्होंने कहा कि दवा दुध सब्जी फल और किराना दुकानों को लॉकडाउन से छूट दिया गया है

यह दिशा निर्देश संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घरों में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों के उपचार के लिए हैं आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कोविड से बचाव और स्वस्थ रहने से संबंधित एक परामर्श जारी किया था इसी सिलसिले में मंत्रालय ने आयुषक्वाथ आयुर्वेद जैसी तैयार औषधि के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है यह चार जड़ी ब्रेटियों का एक सरल मिश्रण है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है श्राद्ध और शादी समारोहों पर होगी सख्ती दैनिक जागरण लिखता है अनुमति प्राप्त निजी अस्पताल में ही भर्ती होंगे संक्रमित दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है सभी सरकारी और निजी अस्पताल में कोविड बेड बढ़ेंगे हर हाल में मरीजों को मिलेगा ऑक्सीजन प्रभात खबर ने लिखा है यह समय है जब सभी लोग घरों के भीतर भी पहनना शुरू करें मास्क आज अखबार ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर लिखा है चुनाव आयोग की वहज से कोरोना की दूसरी लहर

शादी और श्राद्व समारोह में तय संख्या से अधिक लोगों के उपस्थित होने पर की जायेगी कार्रवाई

पिछले चौबीसी घंटों के दौरान सड़सठ लोगों की मृत्यु

एक मई से लगेगा टीका